आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और म्ंह साफ रखें

यह फैसला आज हई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों को यह जानकारी दी

कोविड फंड में अक्टूबर से एक दिन का वेतन नहीं कटेगा हालांकि म्ख्यमंत्री मंत्री विधायक आईएएस पीसीएस आईएफएस अधिकारियों के वेतन से कटौती होती रहेगी

खेल पदक विजेता प्रशिक्षकों खेल पत्रकारों को प्रस्कार का प्रावधान किया गया है शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि राज्य का जो खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे दो करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी मंत्रिमंडल ने हिमालय गढ़वाल विश्वविदयालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया है

महाक्ंभ को देखते हए सरकार ने सभी अखाड़ा परिषदों को एक एक करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय लिया है बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए ज्रेपी नइडा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का वर्च्अल उद्घाटन किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा कैडर आधारित और मास फॉलोइंग पार्टी है पार्टी के कैडर स्वरूप को बनाए रखने में प्रशिक्षण का विशेष महत्व है क्योंकि प्रशिक्षित कार्यकर्ता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाता है पार्टी के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से हये इस वर्च्अल उद्घाटन में उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय क्मार प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ज्योति गैरोला के साथ ही प्रदेश ज़िला और मंडल स्तर तक के प्रशिक्षण समितियों के पदाधिकारी वर्चअली शामिल हए

कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है

राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आनन्द सिंह रावत ने मुलाकात की

चपावत मनरेगा चम्पावत जिले ने मनरेगा में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है

शासन ने जिले के इस कार्य को देखते हए लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय लिया है वितीय वर्ष की समाप्ति के बाद से देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन श्रू हो गया इस कारण कई प्रवासी घर लौट आये इस बीच नए वितीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत शासन द्वारा दिये गए लक्ष्य में प्रवासी लोगों को काम दिया जाने लगा

अभी प्रारम्भिक चरण में पोस्ट कोविड और कोविड से बचाव के लिए लोगों की ऑनलाइन फीडबैक ली जा रही है इस डेस्क के माध्यम से पोस्ट कोविड यानि जिनको कोरोना हो च्का है उनसे सीधा संवाद किया जायेगा साथ ही उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा जिला आयर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर के एस नपलच्याल ने बताया कि हेल्प डेस्क में पंजीकृत नम्बरों के आधार पर फीडबैक ली जा रही है जिसे सरकार को भेजा जाएगा

इस दौरान एक शोभायात्रा भी निकाली जाएगी